मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने और इनके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाएगी राज्य सरकार

लगातार वर्षा से सामान्य जनजीवन प्रभावित कांगड़ा ज़िले में सभी निजी व सरकारी स्कूल तीन दिन बंद रखने के निर्देश मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संसद में राष्टीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए विघेयक पारित करने को ऐतिहासिक कदम बताया है उन्होंने कहा कि इससे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों का सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि विघेयक ने अन्य पिछड़ा वर्ग की लंबित मांग को पूरा किया है उन्होंने कहा कि विघेयक के पारित होने से स्पष्ट होता हैं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार समाज के कमजोर और अतिसंवेदनशील वर्गों के कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है विपिन परमार प्रदेश में केन्द्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं सहित मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर संबंधित विभागों को विकासखंड आधारित प्रगति रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तृत करने को कहा गया है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार ने आज शिमला में सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए उन्होंने सभी योजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समर्पण की भावना से कार्य करने को कहा स्वास्थ्य मंत्री ने सामाजिक योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत डिजिटल प्रणाली से सुनिश्चित बनाने और लाभार्थियों को की जाने वाली अदायगी का पूरा ब्योरा तैयार कर जल्द प्रस्तुत करने को महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकूर ने आज धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के भदरेड़ घलौण तनियारा टिक्कर और चमियार सहित अन्य गांवों का दौरा कर जन समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया

बिकम ठाकुर उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने आज जस्वां परागपुर निर्वाचन क्षेत्र के विकासखंड परागपुर में जनसमस्याएं सुनी और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता राशि के चैक वितरित किए बाद में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों व पिछड़ा वर्ग के हित के विकास के लिए जरूरी कदम उठा रही है बिकम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के लाभ समाज के निचले पायदान पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है

मुख्य सचिव प्रदेश में मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने पर इनके दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से व्यापक अभियान चलाया जाएगा मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ आज शिमला में हुई बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न विभाग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे ताकि इस बुराई से सख्ती से निपटा जा सके विनीत चौधरी ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत स्कूलों में भाषण वाद विवाद और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी उन्होंने बताया कि आगामी वर्षाँ में इसे स्कूल पाठयकमों में भी शामिल किया जाएगा मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में नारकोटिक्स कानून को और सख्त बनाया जाएगा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को नशा उन्मूलन केन्द्र स्थापित करने के लिए कदम उठाने को भी कहा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिए जा रहे निर्णयों की चर्चा बूथ स्तर पर करने को कहा ऊना में जिला भाजपा की बैठक में आज उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया ताकि प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा विजय हासिल कर सके वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सभी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रही भ्रामक प्रचार से बचने की नसीहत दी वन मंत्री वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने आज मण्डी जिला मुख्यालय के समीप भ्रौण पंचायत के पाधरू में जिला स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया इस मौके उन्होंने कहा कि वन विभाग स्थानीय लोगों की सहभागिता से बरसात के मौसम में पौधरोपण के लिए विशेष अभियान चला रहा है गोंबिंद ठाकुर ने कहा कि इस बार विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रौत्साहित करने के लिए एक मोबाईल ऐप्प पौध रोपण निगरानी के लिए शुरू किया गया है जिसके सार्थक परिणाम मिल रहे हैं बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा समयबद्ध करने के निर्देश दिए हैं आज नाहन में जन समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को पारदर्शी व जवाबदेह शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि नाहन क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाया जाएगा और इसके लिए घन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी रामस्वरूप शर्मा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि केन्द्र सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कृतसंकल्प है और शोषित वर्ग के लिए पिछले चार साल में विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है एक बयान में उन्होंने कहा है कि केन्द्र की कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है

ये योजना केंद्र सरकार की एक नई पहल है जिसका गर्भवती महिलाएं भरपूर लाम ले रह हैं चम्बा जिले में भी योजना के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में जांच करवाने पहुंची महिलाओं ने इस योजना को फायदेमंद बताया

राजकुमारी चंदेल आकाशवाणी समाचार शिमला शोक डीएमके प्रमुख और तमिलनाडू के पूर्व मुख्यमंत्री एम करूणानिधि का आज शाम चैन्नई स्थित कावेरी अस्पताल में निधन हो गया

राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं उन्होंने कहा कि एम करूणानिधि देश के कदावर नेता और अनुभवी व्यक्ति थे मौसम प्रदेश के विभिन्न भागों में मॉनसून पूरी तरह सकिय बना हुआ है और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है

चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि भारी वर्षा से मणिमहेश यात्रा पर जा रहा एक श्रद्धालु दोनाली नामक स्थान पर भूस्खलन की चपेट में आने में मलबे में दब गया ज़िला प्रशासन ने श्रद्धालु को निकालने के लिए राहत व बचाव दल रवाना कर दिए हैं भटियात के एसडीएम बच्चन सिंह ने बारिश के दौरान कालीघार के रास्ते आवागमन न करने की लोगों से अपील की है चंबा मरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग बाधित रहा और भरमौर उपमंडल के कुगती और बड़ग्रां पंचायत को जोड़ने वाली प्रलियां क्षतिग्रस्त हो जाने से आवाजाही बंद हो गई है

सीमा सड़क संगठन पवारी के ओसी ने बताया कि बाढ़ से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है

कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि कल शाम मणिकरण घाटी में जगराई नाले में बाढ़ आने से पुलगा व तुलगा गांवों को जोड़ने वाला पैदल पुल बह गया है शिमला ज़िले में वर्षा के चलते भूस्खलन होने पर कई प्रमुख सड़कें अवरूद्व हो गई हैं शिमला रोहड् मार्ग आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा चौपाल उपमंडल के छमधार में भूस्खलन होने पर चौपाल नेरवा सड़क मार्ग अवरूद्व हो गया है

लाहौल सड़क लाहौल स्पीति ज़िले में ग्राम्फू काजा सड़क मार्ग की खस्ता हालत से लोगों व पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि छोटा दड़ा के पास सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और बीआरओ इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है इस सड़क पर बने दो पुलों की हालत भी दयनीय हो गई है जो किसी भी समय बड़ी घटना को न्यौता दे रही है देश विदेश से यहां पहुंचने वाले सैलानियों व स्थानीय लोगों ने सरकार से सड़क की दशा सुधारने की मांग की है सड़क मार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लोक निर्माण विभाग को सड़क की मुरम्मत होने तक छोटा दड़ा के पास वैकल्पिक मार्ग बनाने के निर्देश दिए हैं

घायलों को कुल्लू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है ये वाहन कोटला से बालीचौकी की तरफ आ रहा था